ने राज्यभर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राहत कार्य जारी प्रतिदिन पांच लाख से अधिक लोगों को कराया जा रहा भोजन

उन्होंने कल केंद्रीय मंत्रियों को राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा उन्होंने यह भी कहा कि जिलास्तर की छोटी योजनाएं बनायें प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों से आग्रह किया कि वे निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंचे श्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे आरोग्य सेतु ऐप को ग्रामीण क्षेत्रों और निचर्ले तबकों के बीच लोकप्रिय बनायें उन्होंने मंत्रियों से कहा कि र्वे लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिए दस प्रमुख निर्णयों और दस प्रथामिक क्षेत्रों की पहचान करें

उन्होंने कहा कि यह संकट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और अन्य देशों पर निर्मरता कम करने का अवसर भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार फसल कटाई मौसम में किसानों की हर संभव मदद करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक औषधियों और सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम बचाव और बेहतर इलाज को लेकर राज्य सरकार सजग सतर्क और कृतसंकल्पित है इस सिलसिले में कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं इसमें जो कमियां नजर आ रही है उसे दूर किया जा रहा है मुख्यमंत्री कल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सिलसिले में मंत्री रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यवासियों के सहयोग से ही कोरोना वायरस पर विजय हासिल कर पायेंगे बैठक में अनाज वितरण दाल भात केंद्रों मुख्यमंत्री दीदी किचन सीएम कैंटीन और पुलिस थानों और पिकेटों में में चल रहे भोजन वितरण केंद्रों के सुचारु संचालन को लेकर विचार विमर्श किया गया इसके साथ ही दूसरे प्रदेशों में फंसे झारखंडवासियों और यहां फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को राहत देने के लिए किये जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की गयी इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के लिए बनाए गए क्वारेंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड की उपलब्धता जरुरत और सुविधाओं पर भी कई निर्णय लिये गये मौके पर वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सभी जरुरतमंद और गरीब लोगों को सरकार दो माह का अग्रिम राशन दे रही है मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो उसपर नियंत्रण करने के लिए सरकार रणनीति बना रही है वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लॉक डाउन के दौरान किसानों और पश्पालकों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि मुर्गे मुर्गियों मांस और मछली के खाने से कोरोना संक्रमित होने का खतरा नहीं है ऐसे में इनकी बिक्री पर पाबंदी हटाई जा रही है

इनमें से तीन सौ अठारह रोगी ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि एक सौ ग्याहर लोगों की मौत हुई है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि एक हजार चार सौ पैंतालीस मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं उन्होंने बताया कि मरने वालों में तिरसठ प्रतिशत साठ वर्ष से ऊपर के हैं जबकि तीस प्रतिशत चालीस से साठ वर्ष आयु वर्ग के और सात प्रतिशत व्यनक्ति चालीस साल से नीचे के हैं

वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्क के पचीस हजार पांच सौ लोगों को क्वाजरंटीन में रखा गया है उन्होंने कहा कि दो हजार तिरासी विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों की पहचान हो गई है और एक हजार सात सौ पचास सदस्यों को काली सूची में डाला गया है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

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी और संचारी रोग विज्ञान प्रमुख डॉ रमन आर गंगाखेरकर परिचर्चा में शामिल होंगे

यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चौनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्धन रहेगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन एवं पुलिस थानों में चल रहे पांच हजार केंद्रों के माध्यम से पांच लाख से अधिक लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है थानों में एक बार दीदी किचन दिन में दो बार भोजन की व्यवस्था है कोई भी भूखा ना रहे यही सरकार का लक्ष्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि राशन और भोजन हर जरूरतमंद तक पहुँचे राज्य के लोग राशन उठाव को लेकर हो रही परेशानी का निःशुल्क नंबर एक नौ छह सात पर शिकायत करें राज्य सरकार द्वारा पीएचएच कार्डधारियों को अप्रैल और मई महीने में दस किलो खाद्यान प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा जुन में पांच किलोग्राम अनाज प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से मिलेगा और पांच किलोग्राम अनाज प्रति सदस्य निषुल्क दिया जायेगा अन्तयोदय अन्य योजना वाले कार्डधारियों को अप्रैल में सत्तर किलो प्रति कार्डधारी एक रूपये की दर से उपलब्ध कराया जाएगा मई में दस किलो ग्राम प्रति सदस्य निषुल्क जबकि जून में प्रति कार्ड एक रूपये प्रति किलो की दर से अनाज मिलेगा और पांच किलो ग्राम खाद्यान प्रति सदस्य निःषुल्क अनाज दिया जायेगा

केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बताया कि ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सामग्री की निर्माण इकाइयों उत्पादित सामग्री के परिवहन तथा फैक्ट्री कामगारों को लॉकडाउन से छूट दी गई है गृहसचिव ने कहा कि संगठन और प्रतिष्ठानों के प्रमुखों की जिम्मेवारी है कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखने और समुचित साफ सफाई रखने के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं हजारीबाग के विष्णुगढ प्रखंड में कोरोना पॉजिटीव मरीज के मिलने के बाद जिला प्रषासन और स्वास्थ्य विभाग प्ररी तरह सकिय हो गया है संक्रमित व्यक्ति के गांव और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेषन का काम शुरू कर दिया गया है

इस बूथ की लागत पंद्रह से बीस हजार रुपये है इसे आसानी से सैंपल के कलेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है इस बूथ के जरिये किसी विशेष स्थान पर जाकर सोशल डिस्टेसिंग बनाकर सैंपल लिए जा सकते हैं इस प्रणाली के माध्यम से कम समय और कम पैसे में अधिक से अधिक परीक्षण किए जा सकेंगे इस प्रणाली की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है खुंटी जिले में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यपालक दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं

उन्हें मानव से पशुओं में और पशुओं से मानव में वायरस को फैलने से रोकने के तुरंत उपाय करने को कहा गया है पशुओं से मनुष्यों के सम्पर्क को सीमित करने और वन्य जीव अभयारण्यों बाघ संरक्षण अभयारण्यों और नेशनल पार्क में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को कहा गया है पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के साउथ ईस्टर्न रेलवे अस्पताल में कोरोना निरोधक सैनिटाइजेशन चेंबर बनाया गया है उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि सैनिटाइजेशन चेंबर का निर्माण स्टीम बाथ करने वाले चेंबर की तर्ज पर किया गया है गिरिडीह जिले के समी सत्रह संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पायी गई है गिरिडीह में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है